भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि श्री जेटली के पार्थिव शरीर को आज सुबह दस बजे भाजपा मुख्यालय में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे स्वर्गीय जेटली के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में अब से कुछ देर बाद पहुंचाया जाएगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली के निधन के दृष्टिगत अपना सिरमौर जिला का सराहा दौरा रदद कर दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह स्वर्गीय श्री अरूण जेटली के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में सुबह ग्यारह बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे ये कार्यक्रम आकाशवाणी व द्वरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उददेश्य से आरोग्य भारतीय संस्था द्वारा आज सोलन में एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्यातिथि उपस्थित होंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इस दौरान चिकित्सकों द्वारा लोगों को उचित आहार विहार व्यवहार दिनचर्या सहित स्वस्थ रहने के विषय में जानकारी दी जाएगी इस मौके पर प्रदर्शनियों द्वारा लोगों को स्वास्थ्य बारे जागरूक किया जाएगा

इसके तहत विभिन्न स्कूलों में नेत्रदान जागरूकता के लिए व्याख्यान दिए जाएंगे तथा जन जागरण रैली निकाली जाएगी प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इस पखवाड़े के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की हैं

चंबा जिले में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कल से शुरू हो गई है हजारों की संख्या में श्रद्धालु डल झील में आस्था की डबकी लगा रहे हैं

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हए हैं

अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है इग कंट्रोलर ट्रांसफर भ्रष्टाचार का आरोपी सहायक दवा नियंत्रक भूमिगत दैनिक भास्कर की सुर्खी है एडीसी निशांत सरीन के ठिकानों पर छापेमारी में विजिलेंस को मिले करोड़ों की संपति के दस्तावेज आरोपी अफसर अंडरग्राउंड विजिलेंस ने घर पर नोटिस भेजकर किया तलब इसी खबर पर पंजाब केसरी के शब्द हैं सहायक दवा नियंत्रक की तलाश जारी आज तलब किया बिलासपूर में जब्त कि जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली के निधन से जुड़ी खबरें भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिये हुए हैं अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में जेटली ने दिलाई थी उद्योंगों के लिए विशेष रियायतें श्रद्वाजंलि देने आज दिल्ली जायेंगे सीएम

हिमाचल दस्तक की एक खबर है इन्वेस्टर मीट के बहाने टूरिज्म ने लैंड सीलिंग एक्ट पर हाथ डाला